केन्द्र किसानों को लाभ पहंचाने के लिए संसद के अगले सत्र में कीटनाशकों और बीजो के लिए एक न्या विधेयक लायेगा दिल्ली की एक अदालत में आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वितमंत्री पी चिदम्बरम की न्यायिक हिरासत अगले महीने की तीन तारीख तक बढ़ा दी है

केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हये श्री जावड़ेकर ने कहा कि उद्योगों में ऊर्जा की खपत में कमी लाने के लिए कई कदम उठाये गये हैं हरित क्षेत्र में वृद्वि की गई है

मंत्री ने कहा कि विश्व न्यूयार्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में श्री मोदी को सुनने के लिए उत्सुक है उन्होंने कहा कि सरकार ने भूमि वन क्षेत्र में वृद्वि ऊर्जा दक्षता और ई गतिशीलता केा बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाये है केन्द्र किसानों को लाभ पहंचाने के लिए संसद के अगले सत्र में कीटनाशकों और बीजों के लिए एक न्या कानून लायेगा कृषि राज्य मंत्री पुरषोतम रूपाला ने कहा कि बीज और कीट नाशकों पर नीति की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी और यह नया कानून किसानों के लिए फायदेमंद होगा वह आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे जैविक खेती पर जोर देते हये श्री रूपाला ने कहा कि विश्व में जैविक खाद्य उत्पादों की मांग है और भारत में इसे पूरा करने की क्षमता है खाद्य तेलों पर भारत की आयात निर्भरता पर चिंता व्यक्त करते हये उन्होंने उद्योग का इसे कम करने के उपाय सुझाने का आग्रह किया हरियाणा की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने कहा है पूर्व सरकारों में जिस उपेक्षा का दाग सोनीपत पर लगा हुआ था उसे वर्तमान भाजपा सरकार ने धोने का काम किया है उन्होंने कहा कि हमने ढांचागत विकास में मजबूती लाने के साथ साथ बड़ी परियोजनाओं को भी तेजी से पूरा करने का माद्दा दिखाया है मंत्री ने कहा कि बीते पांच वर्ष की अवधि के दौरान हमने सोनीपत शहर के लोगों की उन तकलीफों को दूर करने का काम किया है जिसके लिए लोग दशकों से परेशानी का सामना कर रहे थे आज हमें संतोष है कि आमजन के लिए शहर में पार्क सामुदायिक भवन गली सडक बरसाती पानी की निकासी पर तेजी से काम करवाए गए हैं केन्द्र सरकार ने उच्च शिक्षा में बेहतर परिणामों के लिए एक नई पब्लिक प्राईवेट भागीदारी योजना राष्ट्रीय शिक्षा गठबंधन प्रौदोगिकी की घोष्णा की है इस योजना का उद्देश्य शिक्षार्थी की जरूरत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया को आर्टिफीशयल इंटैलीजेंस की सहायता से और शिक्षार्थी केन्द्रित बनाया जाना है इसके लिए अलग अलग शिक्षार्थियों के लिए तकनीकें विकसित करने की जरूरत है मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि बहत सारी स्टार्ट अप कंपनियां यह तकनीक विकसित कर रही है और मंत्रालय इन प्रयासों का पता लगाकर उन्हें एक मंच पर लायेगा हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि टांगरी नदी क्षेत्र में सीमेंट और कंकरीट के बांध बनाकर लखनऊ में बने गोमती रिवर चैनलाईज की तर्ज पर पानी निकासी की व्यवस्था की जाएगी इससे बब्याल खोजकीप्र नग्गल प्रभ् प्रेम प्रम रामप्र सरसहेड़ी गांवों व आस पास बस्तियों व कालोनियों को बाढ़ के पानी के न्कसान से बचाया जा सकेगा और सम्बन्धित क्षेत्रों को इसका सीधा फायदा पंहचेगा इस व्यवस्था से जहां एक ओर बाढ़ के पानी को चैनेलाईज करके सुव्यवस्थित तरीके से निकाला जाएगा वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में सौंदर्यकरण की व्यवस्था भी होगी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टांगरी नदी के आस पास बसी कालोनियों और सम्बन्धित गांवों में बाढ़ का पानी किसी भी प्रकार का न्कसान न पंहचाने पाए इसलिए गोमती रिवर चैनलाईज व्यवस्था की तर्ज पर टांगरी नदी पर चैनेलाईज की व्यवस्था की जाएगी इस व्यवस्था से बस्तियों में पानी नही फैल सकेगा बल्कि एक निर्धारित मापदंड के तहत पानी की निकासी की जाएगी सम्बन्धित बस्तियों में रहने वाले लोगों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नही होगी दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम की न्यायिक हिरासत अगले महीने की तीन तारीख तक बढ़ा दी है विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने चिदम्बरम की चिक्तिसा जांच की भी अनुमति दी केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा कांग्रेस नेता के न्यायिक रिमांड बढ़ाने मांग के बाद अदालत ने चिदम्रम की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी सीबीआई की ओर पेश हये मुख्य न्याय अधिवक्ता तुषार मेहता ने न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग की और कहा कि जिस दिन चिदंम्बरम को पहली बार जेल भेजा गया था उस समय से परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है चिदम्बरम की ओर से पेश हये वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने चिदंम्बरम की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की जांच एजेंसी की चायिका का विरोध किया उन्होंने चिदंम्बरम की ओर से अर्जी दी और तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत के दौरान नियमित रूप से डाकटरी जांच और पर्याप्त पूरक आहार लेने की मांग की महा न्याय अधिवक्ता ने कहा कि किसी कैदी का स्वास्थ्रू चिंता का विषय है और जो भी कानून में स्वीकार्य है वह जेल अधिकारियों द्वारा किया जायेगा

रॉबर्ट वाड्रा डील ऑफ लैंड मामले में हरियाणा सरकार द्वारा कमर्शियल कालोनी रद्द करने की प्रक्रिया पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी अनिल जैन ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है श्री जैन ने पंचक्ला में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हए कही इस सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अनिल जैन ने मुख्य अतिथि के रुप में शिरकत की केंद्रीय जल शक्ति व सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया पंचकुला व कालका के विधायक व बीजेपी कार्यकर्ता उपस्तिथ रहे

सोनीपत में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों को सुविधा देने के लिए डिजीटल काउंटर स्थापित किया गया इस काउंटर पर किसान कृषि विभाग से सम्बधित सभी योजनाओं की जानकारी ले सकते है आयुक्त डॉ अंशज सिंह ने इस कांउटर के उदघाटन के मौके पर बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनेक योजनायें चलाई जा रही है इनमें फसल बीमा योजना किसान पेंशन योजना सहित अनेक योजनायें शामिल है उन्होंने बताया कि इन योजनाओं की जानकारी किसान क्योसक पर अपना आधार नंबर डालकर प्राप्त कर सकते है इसके साथ ही एक भी लगाया गया है जो सीधे कंट्रोल रूम से जोडा गया है

मृतकों की पहचान मूंगसरा निवासी सुख लाल और देवराला निवासी रोशनी देवी के रूप् में हई है हादसे मे घायल यात्रियों को भिवानी के नागरिकों अस्तपाल में दाखिल करवाया गया है बजरंग पूनिया और रवि दहिया ने कज़ास्तिान के नूर सुल्तान से हो रही विश्व चैम्पियनशिप के सैमी फाईनल में दाखिल होकर टोक्यों ओलंपिक्स में अपनी जगह बना ली है

अब वह कज़ाकिस्तान के पहलवान डौलेट नियाज़ बकोव के साथ खलेंगे